उपराष्ट्रपति एम वैकेंया नायड् ने देश में आपात्तकालीन दवाओं तथा सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया है

प्रदेश के हर जिले में हरखादी स्टोर खोलें जायेंगे आज झज्जर में द्सरे हरखादी स्टोर का श्रभारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था आज भी मजबूत स्थिति मे है कयोंकि सरकार ने इसकी ब्नियाद का कमज़ोर नहीं होने दिया है

इसमे से एक पहिया समाज है जो महत्वाकांशी है एक पहिया सरकार है जो नव भारत की प्ररेणा देती है एक पहिया उद्योग है जो साहसी है तथा चौथा पहिया ज्ञान है जो सांझा किया जाता है प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे निवेशक सममेलन पहले देश के कुछ ही शहरों में हुआ करते अब स्थिति बदल गई है अब प्रदेश निवेश को अपने यहां थे पर आकर्षित करने के िलए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में आ गये है और पिछले कुछ सालों में राज्य सरकारें निवेशकों को बेहतर सुविधायें देने पर विशेष ध्यान देने लगी है प्रधानमंत्री ने कहा कि लाल फीताशही विकास में रूकावट डालती है तथा उपयुक्त ईको सिस्टम का होना किसी भी निवेशक के लिए आवश्यक है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा कल जिलये गये एक महत्वपूर्ण फैसले से साढ़े चार लाख मध्यम वर्ग के परिवारों का अपने घर का सपना पूरा होगा श्री मोदी ने कहा कि आज देश में पर्यटन को प्रकृति साहसिक चिकित्सा तथा आध्यात्म आदि से जोड़कर एक पकैज के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है उपराष्ट्रपति श्री वैकेंया नायड् ने जोर देकर कहा है कि में आपातकालीन दवाओं तथा सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यक्ता है आज नई नई दिल्ली में आपातकालीन दवाओं पर दसवें एशियाई सम्मेलन का उदघाटन करते हये श्री नायडू ने कहा कि आपातकाल के समय प्राथमिक चिकित्सा के तरीकों को नागरिकों का सिखाने के लिए विशेष कार्यक्रम और प्रस्तिकायें विकसित करने की आवश्यक्ता है ताकि आपात्तकालीन सेवा का इंतजार कर हरे मरीज़ की जान बचाई जा सके

मुख्यमंत्री आज ग्रुग्राम के ओल्ड जयूडीशियल कम्पलैक्स स्थित डंपिंग ग्राउंड में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहंचे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रुग्राम प्रदेश की आईकन सिटी है इसमें साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्था बनाई हई है जिसके तहत कंपनी को डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन डंपिंग प्वाइंट से प्रतिदिन कूड़ा उठाना व कूड़े का उचित निपटान सुनिश्चित करना शामिल है उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था को लेकर उन्हें पिछले कई दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि ओल्ड जयूडीशियल कम्पलैक्स क स्थित डपिंग ग्राउंड से कूड़ा का उठान प्रतिदिन नहीं होता जिससे यहां गंदगी अधिक फैलती है

उन्होंने मौके पर ही नगर निगम आय्क्त अमित खत्री को निर्देश दिए कि वे सफाई कार्यों व डपिंग ग्राउंड से कूड़ा उठाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें और इसके लिए अलग से कमेटी बनाएं यह कमेटी डंपिंग प्वाइंट का निरीक्षण करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि जिला के डंपिंग प्वाइंटस से दिन में कम से कम एक बार कूड़ा अवश्य उठाया जाए

इस संबंध में जानकारी देते हए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस बारे में एक प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है

हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ ने कहा है कि प्रदेश में खादी को बढ़ावा देने के लिए हर जिले के हरखादी स्टोर खोले जायेंगे वे आज झज्जर में हरखादी स्टोर के श्भारंभ मौके पर बोल रही थी

उन्होंने बताया कि हरखादी स्टोर खोलने के लिए चार श्रेणी बनाई गई है जिनमें ग्रामीण इलाके के एक छोटे शहर के एक नगर में दो तथा कलास वन सिटी में हर पांच किलोमीटर पर एक स्टोर खोलने का प्रावधान है उन्होंने बताया कि खादी बोर्ड का सामान हैफेड के स्टोरों पर भी बेचा जा रहा है

हरियाणा में आज पुलिस सप्ताह कार्यक्रम के तहत पलवल और रोहतक में रक्तदान शिविर लगाये गये

इस मौके पर मौजूद उप पुलिस अधीक्षक सुनील कादयान ने बताया कि शिविर में यातायात प्रबंधक विक्रम सिंह ने अपने जीवन काल के उन्चासवी बार रक्तदान किया

इस मौके पर उनकी हौसला अफजाई के लिए रोहतक रेज़ के प्लिस कमिश्नर संदीप खिलवाड़ भी उपस्थित थे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धतोगडा में इनर व्हील क्लब की पंचकूला इकाई के सदस्यों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस अवसर पर कलब की पंचकूला इकाई की चेयरमैन श्रीमति सीमा चोपड़ा ने कहा कि इनर व्हील क्लब का उद्देश्य किसी एक शिक्षण संस्थान को अपनाकर उसकी आवश्यकताओं के अन्सार उसका जीर्णोदार करके विद्यार्थियों को एक बेहतर वातावरण प्रदान करना है भारत ने पाकिस्तान के पास करतारपुर गलियारे बारे पाकिस्तान सरकार की आधिकारिक वीडियो में खालिस्तानी अलगाववादी जरनैल सिंह भिंडरावाले को दिखाने पर ऐतराज़ जताया है

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बार बार भारत को विचार विमर्श के दौरान भरोसा दिलाया था कि वे इस धार्मिक यात्रा के दौरान किसी भारत विरोधी अनसर को प्रोपेगंडे का अनुमति नहीं देगा भारत ने आपतिजनक वीडियो एवं बांटी जा रही आपतिजनक प्रकाशित सामग्री वापिस लेने की मांग की है हरियाणा सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को कम करने के लिये रोहतक में महिला आश्रम में वन स्टॉप सेंटर सखी खोला है डिप्टी कमीशनर आर एस वर्मा ने इस सेंटर का शुभारंभ करते हये कहा कि इस सेंटर में घरेलू हिंसा यौन हिंसा एसिड अटैक व मानसिक प्रताइना की शिकार महिलाओं को कानूनी मदद के साथ काउंसलिंग प्रदान की जाएगी

हरियाणा में कई जगह हलकी बारिश होने की खबरे मिली है मौसम विभाग के अन्सार ऐलनावाद व सिरसा में दो सेंटीमीटर और रानियां व चंडीगढ़ में सात से दस मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई फरीदाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज दोपहर से हल्की वर्षा दर्ज की गई है यमुनानगर के कई इलाकों में भी सुबह के समय हुई बरसात से मौसम में ठंडक आ गई है